लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाईड लाईन जारी की है इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रैड ग्रीन व ऑरेंज जोन का फैसला राज्य खुद करेंगे और हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती जारी रहेगी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान मैट्रो रेल सिनेमा घर मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे दिशा निर्देशों के मुताबिक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा आत्मनिर्मर भारत पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है

वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त चालीस हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे और सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है

मख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणाओं का स्वागत किया है

उन्होंने कहा कि इस बढ़ौतरी से मनरेगा का कुल बजट अब एक लाख करोड़ रुपये हो गया है और सरकार के इस कदम से सीधा लाभ मजदूर वर्ग को मिलेगा वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार धूमल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आपदा के संकट काल में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्गों का ध्यान रखकर उन्हें राहत पहुंचाई है

हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के करडी व त्यूंगली गांव के दो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं हमारे हमीरपुर संवाददाता हरीश नंदा ने बताया कि दोनों व्यक्ति हाल ही में मुम्बई से आए थे

कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में तीन लोगों की मौत हो चुकी है

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो लोग वापिस अपने घर जाना चाहते हैं ये संबंधित उपायुक्त कार्यालयों में वापिसी के जल्द पंजीकरण करवा लें रोजगार कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के बीच उद्योग खुलने से मजदूरों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है प्रदेश के सोलन ज़िला के अधिकतर उद्योगों में कामकाज एक बार फिर शुरू हो गया है हमारे सोलन संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा से बातचीत में मजदूर वर्ग ने कहा कि पहले उद्योग बंद होने से उन्हें रोजगार की चिंता सताने लगी थी और परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र व प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है उससे उन्हें राहत मिली है

बिंदल ने आज विडियों कॉन्फ्रैंस के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संवाद में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने अपनी ओर से प्रदेश के लिए ढ़ाई लाख मास्क मेजे है जिसके लिए उन्होंने जेपीनड्डा का आभार जताया उधर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में कोविड योद्वाओं को सम्मानित किया उन्होंने क्वारंटीन में रह रहे युवाओं से आह्वान किया कि अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें और समाज के लोगों को भी इस महामारी के बारे में जागरूक करें सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिज मैदान पर कोरोना योद्वाओं की भूमिका निमाने वाले पुलिस व मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया बाद में उन्होंने अपने बूथ के पन्ना प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और कोरोना संकट काल में कार्यकर्ताओं का कुशलक्षेम जानकर उन्हें निरंतर जनसंवाद व जनसेवा के लिए भी प्रेरित किया सुरेश भारद्वाज ने पन्ना प्रमुखों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने य इसके तहत मांगी गई सूचना के प्रति लोगों को सही ढंग से जागरूक करने को कहा दुरसंचार दिवस दूरसंचार इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दूरसंचार क्षेत्र के प्रयासों की प्रशंसा की है विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कई बाधाओं के बावजूद लोगों को निर्बाध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने में इंटरनेट प्रदाता और दूरसंचार कंपनियों के कर्मचारियों के प्रयास सराहनीय हैं रामस्वरूप मंडी ज़िले के जोगिन्द्रनगर स्थित ऊहल तृतीय पन विद्युत प्रोजेक्ट के पावर हाऊस में पैन स्टॉक फटने से पॉवर हाऊस को भारी नुकसान पहुंचा है परियोजना में उत्पादन शुरू करने से पहले हुए इस हादसे में करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ है सांसद रामस्वरूप ने घटना स्थल का दौरा किया उन्होंने कहा कि हादसे की जांच करवाई जाएगी रक्तदान स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला ज़िले के गुम्मा में आज एक रक्तदान शिविर लगाया